इसमें कोई भी पात्र श्रमिक छूटे नहीं

इन सम्मेलनों में पात्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना पट्टा वितरण उज्जवला योजना ई रिक्शा हाथ ठेला शिक्षा सहायता चिकित्सा सहायता प्रसूति सहायता आदि योजनाओं का लाभ दिया जायेगा साथ ही उन्हें कल्याण के योजनाओं की जानकारी भी दी जायेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिये ऐतिहासिक योजनायें बनाई गयी हैं इन योजनाओं का लाभ पंजीकृत मजदूरों को ही मिलता है

जो आयकर दाता नहीं हो शासकीय सेवा में नहीं हो तथा दो हेक्टेयर से अधिक भूमिधारक नहीं हो वे सभी असंगठित श्रमिक माने जायेंगे पंजीयन निःशुल्क होगा जो पाँच वर्ष तक के लिये वैध माना जायेगा

किसान कल्याण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को विशेष ग्राम सभाओं के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं

विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार संगठन की दो दिन की मंत्रिस्तरीय अनौपचारिक बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी पचास देशों के प्रतिनिधि कुछ प्रमुख मुद्दों पर राजनीतिक मार्गदर्शन और सहमति के लिये विचार विमर्श में शामिल होंगे आशा है कि बैठक में विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिये विभिन्न मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श का मौका मिलेगा पिछले वर्ष दिसम्बर में ब्यूनंस आयरस में हुई ग्यारहवीं मंत्रिस्तरीय बैठक में इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन नहीं मिल सका था

इस संबंध में केबिनेट में निर्णय हो गया है

श्री चौहान कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होमगार्ड सैनिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि वे अब मध्यप्रदेश की जनता की बेहतर सेवा का संकल्प लें जनसंवाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की बुदनी क्षेत्र में कई गॉव में जनसंवाद किया

श्री चौहान ने किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी वहीं इन गॉवों की भजन मंडलियों को संसाधन जुटाने के लिए दस दस हजार रूपये की राशि देने की घोषणा की

इसके लिए राज्य सरकार ने पांच सौ करोड़ रूपये की विशेष परियोजना तैयार की है

इन्हें सड़कों से जोड़ने के लिए एक हजार किलोमीटर लंबाई के मार्गो का निर्माण करवाया जायेगा

समाधान केन्द्र सागर जिला न्यायालय परिसर में कल वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र का लोकार्पण उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एचपीसिंह और अतुल श्रीधरन द्वारा किया गया इस मौके पर न्यायमूर्ति श्री सिंह ने कहा कि इस केन्द्र का उददेश्य असहाय बेसहारा और पीड़ित लोगों को कानूनी सहायता मुहैया कराना है और उन्हें उम्मीद है कि इस केन्द्र से ऐसे लोगों को लाभ मिल सकेगा उन्होंने विवाद समाधान केन्द्र में पक्षकारों को मध्यस्थता संबंधी जानकारी और मध्यस्थता प्रक्रिया संपादित करने के अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दिया न्यायमूर्ति श्रीयुत श्रीधरन ने कहा कि इस केन्द्र के माध्यम से कई विवादों को आपस में वार्ता से सुलझाया जा सकेगा और लोगों को कानूनी मदद उपलब्ध हो सकेगी इस मौके पर एक विधिक सेवा शिविर का आयोजन भी किया गया

नवरात्र मेला बुरहानपुर जिले के धामनगॉव में आज से सात दिवसीय नवरात्र मेला शुरू होगा जिसमें स्वास्थ्य रोजगार कृषि और महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही प्रतिदिन जल जागरण और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे महिला और बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस ने बताया कि मेले के दौरान कृषि संगोष्ठी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर जल जागरण अभियान के अलावा रोजगार और ऋण स्वीकृति के लिए बैंकर सम्मेलन भी होगा मेला परिसर में कल महिलाओं को ड्रायविंग लायसेंस उपलब्ध कराने के लिए शिविर लगाया जायेगा महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के उद्देश्य से स्वास्थ्य शिविर लगाकर उन्हें लालिमा कार्ड वितरित किये जायेंगे

योजना के तहत प्रत्येक दंपत्ती को सहयोग राशि और एक एक मोबाइल प्रदान किया गया जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने नवदंपत्तियों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस अनूंठी योजना से अनेक परिवारों का कल्याण हुआ है संस्कृत सम्मेलन भोपाल में कल आयोजित राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में संस्कृत विदवानों ने इस भाषा के प्रचार प्रसार के लिए प्रभावी नीति बनाने पर जोर दिया

महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के निदेशक पीआरतिवारी ने बताया कि प्रदेश का पहला शासकीय माध्यमिक कन्या आवासीय संस्कृत विद्यालय भोपाल में शुरू करने की मंजूरी प्राप्त हो गयी है

तेंदुआ हमला रायसेन जिले में गैरतगंज के पास जंगली तेंदुए के हमले में दो लोग घायल हो गये जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई गयी है वहीं बरेली के पास भगदेही गॉव में घर में सो रहे बच्चें को तेंदुए के उठाकर ले जाने का समाचार है पुलिस और वन विभाग की टीम बच्चें की तलाश में जुटी हुई है

दिनेश कार्तिक ने आखिरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर जीत का लक्ष्य हासिल किया उस समय मैच जीतने के लिये पांच रन जरूरी थे

उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया